प्रधानमंत्री ने मन की बात में जागिंग के साथ ही कचरा उठाने की नयी पहल पर दिया जोर

प्रदेश में आज जगह जगह लोगों ने सुनी मोदी के मन की बात

मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड

जॉगिंग करते समय कचरा उठाने का यह एक अनूठा प्रयास है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जॉगिंग करते समय कचरा उठाने की एक नई पहल प्लॉगिंग की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया उन्होंने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का एक अभिनव प्रयास बताया

एक बार इस्तेमाल होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि समूचा विश्व भारत की ओर देख रहा है जिसने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने की पहल की है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोग अगले महीने की दो तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से मुक्ति पाने के अभियान में बड़ी संख्या में शामिल होंगे स्लग मोदी तनावमुक्त परीक्षा पर्यटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तनावमुक्त परीक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से उनके अनुभव और सुझाव साझा करने का आग्रह किया अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसिद्व गायिका लता मंगेशकर के साथ हुई अपनी बातचीत को भी साझा किया और कहा कि वे भारत की प्रगति को लेकर काफी उत्सुक और तत्पर हैं

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री आवास पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात का प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ता है उनसे प्रेरित होकर लाखों लोगों की सोच बदली है आज उनकी सोच मैं से हम की ओर हुई है प्रधानमंत्री ने आज त्यौहारों की खुशियाँ साधनहीन लोगों के साथ बांटने लक्ष्मी का रूप बेटियों को सम्मानित करने नशा मुक्त और कचरा मुक्त भारत बनाने और जीवन में विनम्रता व जोश बनाए रखने की बात कही है हम सभी भारतवासी अपने प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं देश के विकास के लिए हमें जागरूक होकर अपना योगदान देना होगा वहीं प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लोगों द्वारा सुना व सराहा गया

सरकार ने सातवीं बार समय सीमा बढ़ाई है केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सी बी डी टी ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है आयकर से संबंधित कार्यो के लिए अब दो विशिष्ट पहचान अनिवार्य हैं पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न भरने तथा पैन कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य बना रहेगा स्लग राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जल शक्ति मंत्रालय नमामि गंगे व उत्तराखण्ड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में जिला गंगा समिति चमोली द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत रैली निकाल कर गंगा स्वच्छता गोष्ठी का आयोजन किया गया स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूली छात्राओं ने चित्रकला नुक्कड नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रमों भाषण प्रतियोगिता एवं रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया इस दौरान पर्यावरण को स्वच्छ रखने अपने आस पास सफाई रखने तथा पॉलिथीन का प्रयोग न करने की शपथ भी ली गई जिलाधिकारी चमोली ने दीप प्रजव्लित कर गोष्ठी का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है इसके लिए हम सभी को अपनी आदतों में परिवर्तन लाना होगा प्लास्टिक व पॉलीथीन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए उन्होंने सभी को इनका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने पर जोर दिया उन्होंने अधिक से अधिक पौधारोपण व नदी नालों को साफ रखने में भी सभी से योगदान करने की अपील की स्वच्छता पर छात्राओं द्वारा बनाई गई आकर्षक चित्रकला प्रदर्शनी के विजेता छात्राओं को प्रतीक चिन्ह देकर पुरस्कृत भी किया

उन्होंने प्राचार्यो से नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट का अध्ययन कर इसके क्रियान्वयन के लिए सार्थक प्रयास करने पर जोर दिया इसके अतिरिक्त एक अन्य अभिनव प्रयोग के तहत प्रत्येक कॉलेज एक गांव को गोद लेगा और वहां इसमें स्वच्छता और साक्षरता को अनिवार्य रूप से लागू करेगा उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आनन्द बर्द्वन ने कहा कि दो दिवसीय संगोष्ठी के दौरान उच्च शिक्षा के उन्नयन और नवाचार के लिए विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ है और अब इसे मूर्त देने की जिम्मेदारी महाविद्यालय के प्राचार्यो की है अच्छे प्राध्यापकों के कार्यों को सराहना और पहचान दोनों ही मिलेगी स्लग पश् मेला देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में प्रोग्रेसिव डेरी फार्मर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के सौजन्य से तीन दिवसीय पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है

इस मौके पर किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश सिरोही ने कहा कि आने वाले समय में किसानों के लिए और भी बेहतर कार्य किए जाएंगे ऐसे मेलों से किसानों को जानकारी मिलेगी साथ ही पशुपालन करने का तरीका भी पता चलेगा पशुपालन में रुचि बढ़ने से किसानों की आय में भी इजाफा होगा इसके अलावा प्रोग्रेसिव डेरी फार्मर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के सचिव ने कहा कि उत्तराखंड से पलायन को रोकने की कोशिश की जा रही है युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके उनकी रुचि पशुपालन में हो सके इसी को देखते हुए ऐसे मेले के माध्यम से प्रयास किये जा रहे है स्लग नवरात्रि शक्ति की देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का पर्व नवरात्रि आज से शुरू हो गया प्रदेश में श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि मनायी जा रही है विभिन्न शक्ति पीठों पर आज भक्तों की भारी भीड रही देवी दूर्गा की पूजा अर्चना के लिए तड़के से ही श्रद्वालू मंदिर पहुँच रहे थे नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी समस्त प्रदेश वासियो को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दी अपने संदेश में त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह पर्व हमें मातृशक्ति की आराधना तथा सम्मान की प्रेरणा देता है समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला यह पर्व भारतीय संस्कृति की महान परम्परा का भी प्रतीक है नवरात्रि में कन्या पूजन की परम्परा भी बालिकाओं के सम्मान से जुडा विषय है

राजधानी देहरादून समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले दो तीन दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आयी है केदारनाथ धाम में आज मौसम का पहला हिमपात हुआ चमोली जिले में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है जगह जगह सड़क बाधित होने से स्थानीय लोगों और श्रद्दालुओं को परेशानी हो रही है स्लग तहसील भवन हल्द्वानी में तहसील भवन के पूर्ननिर्माण को मूर्त रूप देने के लिए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होने कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये कि वे भवन का डिजाइन आंगणन बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि शासन से धनराशि की मांग की जा सके

उन्होने अधिशासी अभियन्ता लोनिवि को निर्देश दिये कि जल्द से जल्द नये तहसील भवन का डिजाइन पूर्णतः पर्वतीय शैली में बनाकर प्रस्तुत किया जाए ताकि भवन स्थायित्व एवं डिजाइन को सीबीआरआई अथवा आईआईटी रूडकी व दिल्ली से स्वीकृति ली जा सके उन्होने अधिकारियों को भवन के डिजाइन में फायर सेफ्टी वाटर ड्रैनेज रेनवाटर हारवस्टिग की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से रखने को कहा है स्लग प्लास्टिक मुक्त भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने और राज्य सरकार के सोर्स सेग्रीगेशन पखवाड़े को सफल बनाने के लिए अगस्तयमुनि तिलवाड़ा ऊखीमठ में विभिन्न स्कूलों के बच्चों अध्यापकों अधिकारियों कर्मचारियों ने मानव श्रंखला बनाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग ने स्वच्छता ही सेवा तथा सोर्स सेग्रीगेशन के अर्न्तगत वृहद सफाई अभियान को सफल बनाने हेतु विभिन्न विद्यालयों के बच्चो अर्ध सैन्य बलों अध्यापको कर्मचारियों से आह्वान किया इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करना तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था